पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं

कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री की एक सौ पंद्रहवीं जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर प्रष्पांजलि अर्पित की

एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी का शांति का संदेश विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने गांधी जी द्वारा बताये गये सात सामाजिक पापकर्मों से बचने का भी लोगों से आग्रह किया है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के शालीमार बाग में पार्टी की देशव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को रवाना किया इस अवसर पर श्री शाह ने आज के दिन से लोगों से सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जा सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया

इधर प्रदेश में भी भाजपा की ओर से गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश क्मार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गांधी जी की जयंती पर समारोहों का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय में भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया विद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं में भी इस अवसर पर गांधी जी और शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये इनर्जी इंटरनेशनल के अध्यक्ष विजय नारायण झा के नेतृत्व में पटना के अगमकुंआ में स्वच्छता अभियान चलाया गया महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती को यादगार बनाने के लिये रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को गांधी जी की तस्वीरों और संदेशों से सुसज्जित किया है इस ट्रेन को मोहन टू महात्मा की थीम पर सजाया गया है मुजफ्फरपुर में इस ट्रेन को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आनंद विहार के लिये रवाना किया मोतिहारी में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी फेस्ट दो हजार उन्नीस का आयोजन किया गया है

मेले का उद्घाटन करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिये खादी ग्रामोद्योग लोगों को स्वावलंबी बनाने में जुटा है मौसम विभाग ने एक बार फिर मध्य बिहार में कल और परसों भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि पटना वैशाली खगड़िया और बेगूसराय जिले में भारी बारिश की आशंका है इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं नवादा जहानाबाद भोजपूर और बक्सर जिले में भी मध्यम बारिश का पूर्वान्मान व्यक्त किया गया है शेष हिस्सों में कई स्थानों पर भी हल्की बारिश की संभावना जतायी गयी है पटना में भीषण जल जमाव और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल और परसों सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है राजधानी पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों से पानी निकासी का काम लगातार जारी है छत्तीसगढ़ से मंगाये गये पांच संप मशीनों को भूतनाथ रोड पहाड़ी बहादुरपूर राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग इलाके में लगाया गया है नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है इधर अभी भी पटना के राजेन्द्र नगर कंकड़बाग सैदपुर संदलपुर दरियापूर बाजार समिति कदमकूआ नाला रोड पूनाईचक और गर्दनीबाग समेत अन्य जल भराव वाले क्षेत्रों में तीन से चार फूट तक पानी जमा है इन क्षेत्रों में महामारी की आशंका को देखते हुए लोग अपने घरों से पलायन करने लगे हैं नगर विकास विभाग की ओर से इन क्षेत्रों में फॉगिंग एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू कर दिया गया है राहत कार्य भी लगातार जारी है अब घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचायी जा रही है

वहीं दूसरी तरफ नागरिक सुविधाओं से वंचित जल जमाव वाले कई हिस्सों में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केन्द्र सरकार राज्य को बाढ़ से निपटने के लिये हरसंभव मदद उपलब्ध करा रही है आज समस्तीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि सरकार ऐसी योजना तैयार कर रही है जिससे बारिश के कारण आने वाली बाढ़ का नियंत्रित किया जा सके गंगा सोन पुनपुन बूढ़ी गंडक बागमती कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पंद्रह जिलों की स्थिति और गंभीर हो गयी है इन जिलों की लगभग साढ़े इक्कीस लाख की आबादी प्रभावित है कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से तिरसठ सेंटीमीटर ऊपर है

वहीं बूढ़ी गंडक खगड़िया में बागमती रून्नीसैदपुर में और अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में लाल निशान से ऊपर है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर चला गया है वहीं महानंदा नदी पूर्णियां और कटिहार तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है आज पटना में गांधी विचार समागम और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि योजना के तहत तीन वर्षो में चौबीस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत पौधारोपण जल स्रोतों का पुनरूद्वार वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं